उच्चतम न्यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाई

प्रदेश में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए राज्यस्तरीय टास्क फोर्स का किया गया गठन मृत पक्षियों के बारे में सुचना देने के लिए लखनऊ में स्थापित किया गया कन्ट्रोल रूम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों को देश का भाग्य लिखने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंघों पर देश के भविष्य के निर्माण का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है कल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि पहले लोगों के मन में यह धारणा बन गई थी कि अगर कोई नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आता है तो वह बर्बाद हो जायेगा लोग यह भी मानने लगे थे कि सबकुछ बदल सकता है लेकिन राजनीति नहीं बदलती प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति में बदलाव आया है और ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है आज देश की जनता देश के नागरिक इतने जागस्तक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं ईमानदार लोगों को मौका देते हैं देश की सामान्य जनता ईमानदार समर्पित सेवाभावी राजनीति में आये हुए लोगों के साथ ड्टकरके खड़ी रहती है ऑनेस्टी और परफोर्मेंस आज राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और जो देश में जो जागरूकता आई है न उसने ये दबाव पैदा किया है भ्रष्टाचार जिनकी लिगेसी थी उनका भ्रष्टाचार ही आज उनपर बोझ बन गया है और ये देश की सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है

देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी राजनीति को युवाओं की आवश्यकता है और राजनीति सार्थक बदलाव का रचनात्मक माध्यम है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे नौजवानों के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे वे अपने सपनों के अनुसार अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर युवाओं को बेहतर व्यक्ति बनाना और बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तागू की गई है उसका भी बहत बड़ा फोकस बेहतर इंडीव्यूजयल्स के निर्माण पर है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्मोण ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा युवाओं के कौशल युवाओं की समझ युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है अब चाहे जो सब्जेक्ट चूनिये चाहे जो कम्पूनेशन चूनिये चाहे जो स्ट्रीम चूनिये एक कोर्स को ब्रेक देकर आप द्रसरा कोर्स शुरू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं अब ये नहीं होगा कि पहले वार्ल कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जायेगी आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिल जायेगा जो आपको आगे ले जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त हों श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया उन्होंने कहा कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है स्वामीजी के एक कथन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्भीक निर्मल हृदय साहसी और नई उम्मीदों से भरे नौजवान ही वह आधारशिला हैं जिस पर महान राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामीजी युवाओं और उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा करते थे श्री मोदी ने कहा कि देश के आजाद होने के इतने वर्षो बाद भी आज हमें समाज में स्वामीजी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामीजी ने अध्यात्म राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा के बारे में जो विचार व्यक्त किये उनका असर आज भी हमारे देश के लोगों के मन पर है उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है न्यायालय ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को समाप्त करने और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए कृषि विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह समस्या का उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है और न्यायालय के पास कानूनों को निलंबित करने की शक्ति है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करेगी

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की साढ़े छप्पन लाख खुराक को लेकर एयर इंडिया स्पाइसजेट र्गो एयर और इंडिगो की नौ उड़ानें दिल्ली चेन्नई कोलकाता ग्वाहाटी शिलांग अहमदाबाद हैदराबाद विजयवाड़ा भ्वनेश्वर पटना बेंगलुरू लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए रवाना की गई

कोविड वैक्सीन की आपूर्ति कल से प्रदेश में शुरू हो गई है प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कल लखनऊ में बताया कि एक लाख साठ हजार वैक्सीन की पहली खेप लखनऊ में प्राप्त हो गई है उन्होंने बताया कि ग्यारह लाख वैक्सीन की आपूर्ति होनी है वैक्सीन को आवश्यकतानुसार कड़ी स्रक्षा के बीच विभिन्न केन्द्रों पर भेजने की व्यवस्था की गई है

प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की वर्च्अल बैठक आयोजित की गई श्री तिवारी ने जनमानस को बर्ड फ्लू के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जनता को यह बताया जाये कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं श्री तिवारी ने कहा कि मृत पक्षियों की सूचना आम लोगों द्वारा आपातकालीन नम्बर और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दी जा सकती है

राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है और पिछले छत्तीस घंटों के दौरान यहां पांच सौ ग्यारह नये मरीज सामने आये वहीं इस दौरान आठ सौ नवासी कोरोनाग्रसित लोग स्वस्थ हो गये अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के दस हजार पांच सौ साठ सक्रिय मामले हैं जिनमें चार हजार अट्ठारह होम कोरेनटाइन हैं और इलाज करा रहे हैं एक हजार बारह निजी चिकित्सालयों में भर्ती हैं शेष का सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है

गोरखपुर में आयोजित गोरखपुर महोत्सव का कल प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकण्ठ तिवारी ने दीप जलाकर औंपचारिक शुभारम्भ किया इस अवसर पर श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में ईको टूरिज्म बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया गया है